उन्होंने वैज्ञानिकों एवं औद्योगिक अन्संधान परिषद व अन्य संस्थाओं के वैज्ञानिको को देश के विद्यार्थियों से बातचीत करने का आग्रह भी किया हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पहला ई चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया केन्द्रीय पैट्रालियम मंत्रालय के सचिव ने कहा कि देश के हर कोने मे ई वाहनों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किये जा रहे है

बार बार हाथ धोना व मास्क पहनना है जरूरी और नहीं भूलनी है दो गज की दूरी

केह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि गुणवत्ता और विश्वसनीयता ब्रांड इंडिया के स्तंभ है प्रधानमंत्री आज वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय मापिकी सम्मेलन के उदघाटन समारोह को स्म्बोधित कर रहे थे

उन्होंने कहा कि इससे य्वाओं में वैज्ञानिक सोच पैदा होगी और वे इस क्षेत्र की ओर भी आकर्षित होंगे प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय परमाण् समय मापक और भारतीय निर्देशक दव्य भी राष्ट्र को समर्पित किया और पर्यावरण मानक प्रयोगशाल की आधारशिला रखी

भारतीय निर्देशक द्रव्य का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रय मानकों के अन्रूप गुण्वत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रयोगशालाओं का सहयोग करना है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नई च्नौतियों और लक्ष्य है उन्होंने कहा कि राष्ट्र आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए नये मानक स्थापित करने होंगे श्री मोदी ने ज़ोर देकर कहा कि देश द्वारा अपनानये गये ग्णवत्ता मानक इसका भविष्य तय करेंगे इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि विश्वभर में भारतीय ब्रांडस को अपनाया जाना देश में सूक्षम लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित करेगा और इससे आयात व निर्यात में भी वृद्धि होगी उप राष्ट्रपति एम वैकेंया नायडू ने दो कोविड वैक्सीन को आपात मंजूरी देने की सराहना करते हये कहा कि वैक्सीन की घोषणा से भारत की वैज्ञानिक उन्नति आत्मनिर्भर भारत की भावना को स्पष्ट दर्शाती है उन्होंने कहा कि इससे न केवल भारतीय बल्कि पूरी मानवता को ायद होगा स्वेदशी वैक्सीन विकसित करने के लिए भारत के प्रयासों की सराहना करते ह्ये श्री नायडू ने कहा कि को वैक्सीन में वायरस की पहुंच पर आधारित क्छ विलक्षण विशेषतायें है उन्होंने यह भी कहा कि भारत इस अत्यावश्यक वैक्सीन का बड़े स्तर पर उत्पादन करने के क्षमता दिखाकर इस जनलेवा बीमारी से मानवता को बचाने के लिए अग्रिम पंक्ति में है हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज पहला ई चार्जिंग स्टेशन श्रू किया गया इसकी श्रुआत केन्द्रीय पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव श्री तरूण कपूर ने पंचकूला के अक्षय ऊर्जा भवन में की इस ई चार्जिंग स्टेशन में सभी प्रकार के इलैक्टिक वाहनों को निशुल्क चार्ज करने की सुविधा प्रदान की गई है केन्द्रीय पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव ने बताया कि यदि ई वाहनों के लिए पर्याप्त मात्रा में ई चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध होंगें तो लोग ई वाहनों का अधिक से अधिक उपयोग कर सकेंगे उन्होंने कहा कि पैट्रोल एवं डीजल को बाहर से मंगवाना पड़ता है लेकिन हमारे पास सौर ऊर्जा का पर्याप्त भण्डार है इसलिए ई चार्जिंग हेत् ऐसे ई चार्जिंग स्टेशन देश के हर कोने में स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लोगों को किसी प्रकार की अस्विधा न हो उन्होंने कहा कि अब इलेक्ट्रोनिक य्ग में ई वाहनों का चलन ब ना अनिवार्य है इसके लिए पैट्रोल पम्पों पर भी ई चार्जिंग प्वांईट की सुविधा मुहैया करवाने के लिए कार्य किया जा रहा है हरियाणा के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टी सी ग्प्ता ने इस मौके पर कहा कि ई चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हो जाने से नागरिकों का ई वाहनों की ओर रुझान बढ़ेगा

सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जवाड़ेकर ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने मंत्रालयों और विभागों को डिजि लाकर के उपयोग में तेज़ी लाने सभी को कहा है एक टवीट में श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार नागरिकों के अनुकूल और बाधा रहित सेवायें पहुंचाने के लिए न्यूनतम सरकार और अधिकतम सुशासन दृष्टिकोध की ओर बढ़ रही है केन्द्र सरकार ने इस महीने की पहली तारीख से दस्तावेज जारी और सत्यापित करने के लिए सभी प्रणालियां डिजि लॉकर से जोड़ने का निर्णय लिया है

ग्रूग्राम के अतिरिक्त प्लिस आयुकत अपराध प्रीतपाल सिंह ने बताया कि सेक्टर दस स्थित अपराध शाख ने एक सूचना के आधार पर नशे की यह बड़ी खेप बरामद की उन्होंने बताया कि प्लिस की गिरफ्त में आये ये दो आरोपी चार लाख रूपये के लोभ में एक ट्रक में गांजा लेकर आ रहे थे और यह खेल हिसार से उकलाना मंडी मे पहंचाई जानी थी उन्होंने बताया कि इन्हें बिलासप्र थाना क्षेत्र में पहंचाने पर गिरफ्तार कर लिया गया

आज यमूनानगर और जगाधरी नगर निगम के वरिष्ठ उप महापौर और उप महपौर का का च्नाव सर्वसम्मति से किया गया

च्ने गये दोनों पार्षद भारतीय जनता पार्टी के है हरियाणा में हल्ीक से मध्यम वर्षा के बाद शीत लहर का प्रकोप बना ह्आ है मौसम विभाग के अुसार हिसार नारनौल और रोहतक में अधिकतक तापामन सामान्य से अभी एक डिग्री कम चल रहा है जबकि रात के तापामन में वृदधि दर्ज की जा रही है विभाग ने अन्यमन लगाया है कि राज्य में कल कई स्थानों पर गर्ज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है

सिरसा से हमारे संवाददाता के अन्सार बीते एक सप्ताह से शीत लहर के कारण जिले भर में जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है घने कोहन के कारण दृश्यता में भी कमी दर्ज की जा रही है